मुख्यमंत्री ने कहा वनों और वन्य जीवों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता घना अभयारण्य में पानी की उपलब्धता के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश सत्याग्रह दिवस पर आज प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम

शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हई दो दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है

जयपुर के बाद प्रदेश में कोटा में एक्टिव मामले सबसे ज्यादा हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से संकमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

इस दौरान नए और अत्यावश्यक मामले ही सुने जाएंगे हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में कल सर्कलर जारी किया है सीकर में कल प्लाज्मा डोनर स्क्रीनिंग और सैम्पल कलेक्शन शिविर का आयोजन किया गया शिविर में कई लोगों ने प्लाज्मा दान किया

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि जो मरीज होटलों के निजी कमरों में रहना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने चयनित अस्पतालों को जरूरी जांच के बाद ऐसे मरीजों को होटल भेजने के लिए अधिकृत किया है डॉ शर्मा ने बताया कि जो सामान्य और बिना लक्षणों के मरीज हैं और जिनकी स्थिति गंभीर नहीं है ऐसे मरीजों को अलग कमरे और चिकित्सकों की निगरानी में देखरेख की जरूरत होती है

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि देश भर में राजस्थान की रिकवरी दर अन्य राज्यों से बेहतर है

इंस दिशा में राज्य सरकार किसी तरह की कमी नहीं रखेगी उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जुझ रही है हमारा दायित्व है कि वनों के संरक्षण के साथ वन्यजीवों को बचाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास करें

श्री गहलोत कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाए ताकि सदस्यों और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर वनों के विकास और वन्य जीव संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जा सकें उन्होंने तीनों बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन और मॉनिटरिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया और कहा कि आमजन भी बाघों के संरक्षण को लेकर जागरूक है मुख्यमंत्री ने सौंखलिया अजमेर में कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से राजस्थान में पहली बार खरमोर के चूजे पेदा होने पर वन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के कृत्रिम प्रजनन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए इधर मुख्यमंत्री ने भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की उपलब्धता की भी समीक्षा की पानी की उपलब्यता के लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा

जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य में पर्याप्त वर्षा होने के साथ ही पौधे लगाने के लिए अनुकूल वातावरण बना है इसका लाभ लेते हुए पौधारोपण कार्य करवाया जा रहा है

कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग जवाहर कला केन्द्र और राजस्थानी संस्कृत ब्रज उर्दू और सिंधी भाषा अकादमी की ओर से ये प्रतियोगिता पांच भाषााओं में आयोजित होंगी प्रतियोगिता का विषय सत्यमेव जयते है

हिन्दी दिवस पर राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन में इस प्रतियोगिता के विजेता अपनी कविताओं की ऑनलाइन प्रस्तुति देंगे

आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें